राजधानी शिमला में जरूरी द्वकानें छोड़ कर कल से तीन दिन तक बंद रहेंगे बाजार प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी दुकानें बंद रखने का फैसला मुख्यमंत्री का प्रदेशवासियों के नाम संदेश अब से कुछ देर बाद होगा प्रसारित कोरोना वायरस को लेकर उठाए जा रहे एहतियाती उपायों की देंगे जानकारी

प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से निपटने में सहयोग देने वालों के प्रति कल शाम पांच बजे पांच मिनट के लिए ताली या घंटी बजाकर आभार व्यक्त करने की अपील भी की है

हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री की अपील को व्यापक समर्थन मिल रहा है

हमीरपुर निवासी विक्रांत भारद्वाज और जोगिंद्र पुरी ने बताया कि वे जनता कफ़र्यू का पूरी तरह पालन करेंगे

आग्रह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी राजनीतिक दलों से कोरोना वायरस को रोकने के लिए सहयोग का आग्रह किया है शिमला में आज राजनीतिक दलों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और मुनाफाखोरी से सख्ती से निपटा जाएगा मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में जरूरी वस्तुओं का पर्याप्त भंडारण है उन्होंने कहा कि राज्य में धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के अलावा लोगों की भीड़ जमा होने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है धीमान प्रदेश में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने आईजीएमसी टांडा और नेरचौक अस्पतालों में सभी ओपीडी बंद करने का निर्णय लिया है अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर डी धीमान ने आज शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि संक्रमण से बचने के लिए प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अब रोस्टर के आधार पर अपनी हाजिरी देंगे

धीमान ने बताया कि प्रदेश में अब तक एक हजार तीस कोरोना संदिग्ध लोगों को निगरानी में रखा गया है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोजाना कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और स्थिति के आधार पर ही सरकार एडवाइजरी जारी कर रही है निर्देश राजधानी शिमला में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर कल से तीन दिन तक बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया है शिमला व्यापार मंडल ने उपायुक्त से मुलाकात के बाद आपात बैठक के दौरान बाजार बंद रखने का फैसला लिया

इसके अलावा सभी मूल्यांकन और इससे संबंधित गतिविधियों को भी आगामी कार्यवाही तक स्थगित कर दिया गया है

स्कूली कर्मचारी और प्रशासनिक कार्य से जुड़े अध्यापक ही कार्यालय आएंगे और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना वायरस के प्रति लोगों को और अधिक जागरूक करने पर बल दिया है उन्होंने लोगों से प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए एहतियाती कदमों को गंभीरता से लेने को कहा है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रादेशिक समाचारों के तुरंत बाद आठ बजे आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किया जाएगा वे कोरोना वायरस को लेकर उठाए जा रहे एहतियाति उपायों व लोगों को सजग रहने संबंधी जानकारी देंगे चंबा किन्नौर मंडी कोरोना वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए चंबा जिला के साथ लगती कांगड़ा जिले की सीमा पर पूरी तरह नाकाबंदी कर दी गई है

उधर किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि जनता कफ्यू को सफल बनाने के लिए प्रशासन द्वारा लाऊड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि जनता कफ्यू के दौरान कल दवाईयों व अन्य जरूरी सेवाओं के अलावा सभी बाजार बंद रहेंगे अपील इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर प्रदेश भाजपा महासचिव त्रिलोक कपूर सहित अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं और विभिन्न जिला उपायुक्तों ने लोगों से जनता कफ्यू के दौरान सहयोग की अपील की है

उन्होंने आज मनाली में एक बैठक में बताया कि चंडीगढ़ दिल्ली और हरिद्वार के लिए केवल दो दो बसों के संचालन को ही अनुमति दी गई है रक्तदान स्वयं सेवी संस्था उमंग फाउंडेशन की मांग पर राज्य सरकार ने रक्तदान शिविरों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना में कहा है कि किसी भी जिले में रक्तदान शिविर लगाने पर कोई रोक नहीं है विदेश यात्राओं से लौटे लोगों खांसी जुकाम बुखार और सांस लेने में दिक्कत से पीड़ितों को इन शिविरों से दूर रखने को कहा गया है संस्था के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने बताया कि इस फैसले से अस्पतालों में भर्ती गंभीर मरीजों की जान बचाने में मदद मिल सकेगी बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज शिमला में कोरोना वायरस को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते भाजपा ने अपनी सभी जिला व मंडल स्तर की बैठकों को स्थगित कर दिया है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन किया है